धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सशक्त सुरक्षित विकसित और समावेशी राष्ट्र के सपने को पूरा करने के लिए सरकार और विपक्ष को एक साथ मिलकर काम करना होगा लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत वर्षो बाद देश की जनता ने एकतरफा मतदान करके एनडीए सरकार को दोबारा चुना है उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों ने यह दिखा दिया है कि जनता अपने निजी हितों की तुलना में देश की भलाई के बारे में अधिक सोचती है और यह भावना प्रशंसनीय है प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष दो हजार चौदह में लोगों ने प्रयोग के तौर पर सरकार को एक मौका दिया था दो हजार उन्नीस का चुनाव सरकार के कामकाज का पूरी तरह आंकलन करने के बाद किया गया फैसला है प्रधानमंत्री ने कहा कि वे चुनाव को हार और जीत के रूप में नहीं बल्कि एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की सेवा करने के अवसर के रूप में देखते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सत्तर वर्षो से चली आ रही चीजों को बदलने में समय लगता है लेकिन सरकार अपने मुख्य लक्ष्य से भटकेगी नहीं उद्यम रोजगार सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा इस वर्ष इकतीस मार्च तक करीब साढ़े पांच लाख सूक्ष्म उद्यमों को सहायता दी गई है जिनमे लगभग पैंतालीस लाख लोगों को रोजगार मिला है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं पर अमल के जरिए देश में सूक्ष्म और लघू उद्योगों की संख्या को स्थाई आधार पर बढ़ाने का प्रयास कर रहा है केंद्र आतंकवाद केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में आतंकवादी गतिविधियों में काफी कमी आई है पूर्वोत्तर राज्यों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में उग्रवाद की घटनाएं भी कम हुई हैं आज लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि सुरक्षा बल आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने वाली सरकार की नीति के अनुसार काम कर रहे हैं बड़ी संख्या में आतंकवादियों का सफाया किया गया है माओवाद समस्या परिचर्चा माओवाद समस्या के समाधान के लिए शांति सुरक्षा विकास के दृष्टिकोण विषय पर राजधानी रायपुर में एक परिचर्चा आयोजित की गई इसकी अध्यक्षता गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने की उन्होंने वर्तमान में छत्तीसगढ़ की माओवाद समस्या के समाधान के लिए राज्य शासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया

प्रधानमंत्री अपना घर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सभी के लिए घर का सपना साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी जिससे करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं को पंख लगेंगे एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने चार साल पहले देश में शहरी परिदृश्य के परिवर्तन के उद्देश्य से महत्वपूर्ण पहलों की श्रुआत की थी जिनमें प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना स्मार्ट सिटी मिशन नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत शामिल हैं उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से न केवल शहरी विकास के नए दौर में प्रवेश करने में मदद मिली है बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आया है शाला प्रवेश उत्सव नया शिक्षा सत्र शुरू होते ही प्रदेश के स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है दुर्ग जिले के मर्रा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल में कल राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इस मौके पर उपस्थित रहेंगे और नवप्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत करेंगे वे स्कूली बच्चों के साथ ही मध्याह भोजन भी करेंगे और स्कूल में एक कंप्यूटर लैब आईसीटी कक्ष का उद्घाटन करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम करेंगे इस अवसर पर गृह और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्यज साहू तथा कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे सहित कई अन्य मंत्री और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे उल्लेखनीय है कि श्री बघेल ने छठवीं से मैट्रिक तक की पढ़ाई मर्रा गांव के स्कूल से की थी इस बीच प्रदेश के सभी स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव मनाने के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं सभी स्कूलों में आठ जुलाई तक यह उत्सव मनाया जाएगा आदर्श आवासीय महाविद्यालय राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत राज्य के सात जिलों में संचालित आदर्श आवासीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण के लिए सत्तर करोड़ पैंतीलीस लाख रूपये से अधिक राशि की मंजूरी दी गई है इस आशय संबंधित विभाग को जारी कर दिया गया है ये महाविद्यालय राज्य के मैदानी और दूरस्थ का आदेश वनांचल क्षेत्रों में संचालित है प्रत्येक आवासीय महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए लगभग दस करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे प्रदेश के जिन जिलों के आदर्श आवासीय महाविद्यालयों के लिए राशि स्वीकृत की गई हैं उनमें बीजापुर दंतेवाड़ा सुकमा नारायणपुर कोण्डागांव कोरबा और महासमुन्द शामिल हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम राज्य शासन ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत निजी अशासकीय विद्यालयों में कक्षा आठवीं में पढ़ रहे विद्यार्थियों को उन्हीं विद्यालयों में बारहवीं तक पढ़ाई कराने का निर्णय लिया है इस संबंध में जारी निर्देश के अनुसार निजी अशासकीय विद्यालय खुद ही विद्यार्थियों के नाम आगामी कक्षा में दर्ज करेंगे जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे सभी विद्यार्थियों को उन्हीं विद्यालयों में प्रवेश दिलाने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करें दुर्घटना अंबिकापुर के पास झारखंड के गढ़वा में बीती रात हुई एक सड़क दुर्घटना में सात यात्रियों की मृत्यु हो गई है जबकि चालीस से अधिक यात्री घायल हुए हैं जिनमें से गंभीर रूप से घायल हुए सात यात्रियों को इलाज के लिए रांची के अस्पताल में दाखिल कराया गया है वहीं अन्य यात्रियों का इलाज गढ़वा के सदर अस्पताल में चल रहा है बस में सवार अधिकतर यात्री छत्तीसगढ़ के बताए जाते हैं जिसे देखते हुए अंबिकापुर से चिकित्सकों की एक टीम गढ़वा के अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए भेजी गई है मिली जानकारी के अनुसार देर रात करीब ढ़ाई बजे यह हादसा हुआ अंबिकापुर से गढ़वा जा रही निजी ट्रैव्हल एजेंसी की यात्री बस अनियंत्रित होकर अन्नराज घाटी में जा गिरी और करीब बीस फीट नीचे जाने के बाद बीच में फंस गई सूचना मिलते ही पुलिसकर्मियों ने बस को और नीचे गिरने से बचाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया और कांच तोड़कर यात्रियों को एक एक कर बाहर निकाला

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस दुर्घटना में मारे गए यात्रियों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है उन्होंने घटना को बेहद दुःखद बताते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है मुख्यमंत्री ने बलरामपुर कलेक्टर से चर्चा कर घायल यात्रियों को तत्काल चिकित्सा और अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं छात्रवृत्ति भुगतान केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा है कि सरकार ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृति राशि एकमुश्त भुगतान करने का फैसला किया है उन्होंने कहा कि पिछले वर्षो में छात्रवृति के भूगतान में कुछ देरी हुई थी लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्री गहलोत ने कहा कि छात्रवृति योजनाओं को नया रूप दिया जा रहा है ठोस अपशिष्ट समीक्षा न्यायमूर्ति धीरेन्द्र मिश्रा ने रायपूर नगर निगम को आगामी एक नवम्बर तक ठोस अपशिष्ट के डिस्पोजल नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है श्री मिश्रा ने इस आशय के निर्देश राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एन जीटी नई दिल्ली के निर्देश पर रायपुर में हुई एक बैठक में दिए राज्य स्तरीय समिति की इस बैठक के दौरान नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों की समीक्षा की गई मंत्रिमंडल उप समिति राज्य शासन ने आगामी वर्ष में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की समीक्षा कर सुझाव देने के लिए खाद्य मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया है इसके अन्य सदस्य स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम संसदीय कार्य कृषि और जैव प्रौद्योगिकी मंत्री रविन्द्र चौबे उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल होंगे खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव इस समिति के संयोजक होंगे

इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है जबकि एक अन्य आरोपी फरार हो गया है

नारायणपुर जिले में जिला कलेक्टर ने सरकारी दफ्तरों और शैक्षणिक संस्थानों की खाली जमीन पर पौधे लगाने के निर्देश दिए हैं